बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई का सबूत मांगने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गयी मंजूरी

कल ग्रेटर नोएडा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा आज हमारे देश के भीतर अपने आप को बडे नेता मानने वाले लोग जो भाषा बोल रहे हैं उस भाषा से दुशमनों को ताकत मिल रही है ये लोग विवादित बयान दे रहे हैं सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकरके तालियां पाकिस्तान में बज रही हैं उन्होंने सात आठ बजते बजते क्या चालू किया ये बालाकोट भारत की सीमा में है के पाकिस्तान की सीमा में है ये बालाकोट पाक ओक्यूपाइड कश्मीर में है के हमारे कश्मीर के बगल में है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब नई नीति और रीति से काम कर रहा है और दो हजार सोलह में उड़ी में आतंकी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया है इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हए थे लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली सिर्फ गृहमंत्री बदले साथियों अगर पहले की सरकार ने दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए अनेक विकास योजनाएं बनाई है

इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ग्रेटर नोएडा में दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया उन्होंने ब्लू लाइन मेट्रो के करीब साढ़े छः किलोमीटर लंबे नोएडा सिटी सेन्टर से नोएडा इलेक्ट्रोनिक सिटी तक के विस्तार का भी शुभारंभ किया उन्होंने वीडियो लिंक के जरिये प्रदेश के खुर्जा और बिहार के बक्सर में एक हजार तीन सौ बीस मेगावाट क्षमता वाले ताप बिजली घरों का शिलान्यास भी किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस वर्ष के लिए पल्स पोलियो अमियान का श्मारंभ किया

उन्होंने कहा कि उनका योगदान द्रसरों के लिए प्रेरणादायक है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सम्पन्न कुम्म मेले के दौरान सफाई और स्वच्छता का जो उच्च स्तर देखने को मिला वह चर्चा का विषय रहा है

राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी एलोपैथिक डाक्टरों और दन्त शल्य चिकित्सकों के नॉन प्रैक्टिस भत्ता दर को पुनर्निधारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसके अलावा मिड डे मील तैयार करने वाले रसोइयों आशा कार्यकत्रियों और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिये गये मंत्रिमंडल ने परिषदीय विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का मानदेय एक हज़ार से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रूपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है यह मानदेय ग्रीष्मकालीन अवकाश के दो माह के अलावा साल में दस महीनों तक मिलेगा इस फैसले से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे चार लाख रसोइयों को फायदा मिलेगा मंत्रिमंडल के एक अन्य फैसले के मुताबिक कानप्र मेरठ अयोध्या और बांदा में संचालित राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्षीय वर्ग के लिए सातवें येतनमान की सिफारिशें एक जनवरी दो हजार सोलह से प्रभावी की गयी है जबकि एक फरवरी दो हजार उन्नीस से इन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का नकद भ्गतान किया जायेगा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फुसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फ़ुसल बीमा को वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस तथा आगामी वर्षो के लिए खरीफ़ व रबी के मौसम में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है बैठक में जिन अन्य प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है उनमें संजय गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेंट डाक्टर्स और सीनियर डिमॅान्स्ट्रेटर को सातवें वेतन आयोग की संस्तृतियों के क्रम में एम्स नई दिल्ली के समतल्य भत्ता प्रदान करना है

इस अवसर पर उन्होंने बागपत के चौमुखी विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि इस इलाके में मेट्रो ट्रेन चलाने का सपना भी आने वाले दिनों में साकार होगा